मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में बताया कि पिछले कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है राज्य के मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर बैंक गारंटी नीति का विरोध करते रहे हैं

विपिन परमार ने कहा कि इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही एनजीटी से इसकी अनुमति मिलने की उम्मीद है भाजपा के राकेश पठानिया ने भी आईजीएमसी शिमला और टांडा मैडिकल कॉलेज में कैंसर रोगियों को सुविधाएं न मिलने पर अनुपूरक सवाल किया अनुराग ठाकुर लोक सभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम को बढ़ा कर सांसद विश्व दर्शन कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है इस कार्यक्रम के तहत आठ मेधावी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कनाडा भ्रमण पर जाएंगे इस संबंध में उन्होंने आज नई दिल्ली में कनाडा इंडिया फाऊंडेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए फाऊंडेशन के प्रतिनिधियों ने अनुराग ठाकुर की इस पहल का स्वागत करते हुए इसकी सराहना की है वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कल नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की उन्होंने प्रधानमंत्री से सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया वीरेन्द्र कश्यप ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस बारे में चर्चा की रथ यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता के मन की बात कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों से उनकी राय जानने और नवभारत के निर्माण के लिए भाजपा ने रथ यात्रा शुरू की है शिमला संसदीय क्षेत्र की रथ यात्रा को आज सोलन से प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया ये यात्रा संसदीय क्षेत्र के सभी भागों में जाएगी और भाजपा के विभिन्न मोर्चो के पदाधिकारी इसके साथ रहेंगे गणेश दत्त ने बताया कि इस दौरान केंद्र की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे उच्च न्यायालय वीरभद्र दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के सुनवाई अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है उन पर कथित रूप से आय से अधिक दस करोड़ रूपए से ज्यादा संपत्ति जुटाने का आरोप है न्यायाधीश सुनील गौड़ ने आज सुनवाई अदालत को चुनौती देने वाली वीरभद्र सिंह की याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से उत्तर मांगा

दौरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान कोची के वैज्ञानिकों ने मत्स्य विभाग के बिलासपुर स्थित निदेशालय का दौरा किया इस अवसर पर निदेशालय में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमें मछली उत्पादन को घर बैठे ग्राहकों तक पहुंचाने के बारे में जानकारी दी गई वैज्ञानिकों ने मछली बाजार सूचना प्रणाली का मछली उत्पाद ऑनलाइन बेचने के बारे किसानों को बताया उन्होंने बताया कि कोची संस्थान ने एक वैब पोर्टल बनाया है जिसमें प्रदेश के मछली पालक अपने उत्पाद को बेच सकते हैं और सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ कर उत्पादों का बेहतर मूल्य अर्जित कर सकते हैं स्वाइन फ्लू प्रदेश में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं कुल्लू जिले में स्वाइन फ्लू का एक मामला सामने आया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस संक्रमण से निपटने के लिए हर तरह की दवाईयां उपलब्ध है और आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए हैं नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नीरज नैयर को चंबा जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया है नीरज नैयर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल से कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का वे बाखूबी निर्वहन करेंगे